सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

श्री गहलोत ने आज अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराने में जुटी है और आमजन को भी इसमें सहयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि यदि संक्रमण की यही रफ्तार रही तो सरकार कितने भी संसाधन जुटा लें मरीजों के लिए ऑक्सीजन तथा दवाईयों की कमी बनी रहेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर बेहद खतरनाक है तथा इसमें अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन आईसीयू तथा वेंटीलेटर की जरूरत पड़ रही है

इसी वजह से आज लगभग सभी स्थानों पर लोगों की आवाजाही काफी कम रही जयपुर दौसा झालावाड़ सहित कई जगह बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है झालावाड़ की एसपी किरण संधू ने बताया कि पुलिस प्रत्येक सर्किल और थाना स्तर पर कार्रवाई कर रही है

दौसा में एसपी अनिल बेनीवाल ने आज भी बाजारों का दौरा कर जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइड लाइन की पालना करवायी

इस बीच कोविड से जनता को बचाने के लिए सवाईमाधोपूर में स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर खांसी जुकाम और बुखार की वालों को दवाईयां उपलब्ध करवा रहे हैं कोविड से बचाने के लिए जनता में भी जागरूकता नजर आने लगी है

झुन्झुन् में आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़ा पिलाया गया

शादियों को टालने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है

जिले के जाटौली रतभान निवासी शेलेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर मुख्यमंत्री की गाइडलाइन अनुसार उन्होंने स्वप्रेरित होकर अपनी पुत्री की शादी को स्थगित कर दिया है

आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांती और न्यायाधीश विनीत माथुर की खंडपीठ ने कई आदेश जारी कर रिर्पोर्ट मांगी है

उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के पहले सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है

कई जगह तेज हवाओं के साथ फिर बारिश होने की संभावना है